भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

आज विश्वभर में बौद्विक सम्पदा दिवस मनाया जा रहा है भारत ने आज बैंकांक में एशियाई मुक्केबाज़ी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश दिया है कि बैंको की वार्षिक जांच रिपोर्ट से ज्ड़ी जानकारी सूचना के अधिकार यानि आरटीआई सम्बधी कानून के तहत सार्वजनिक करें बशर्ते कि कानून के तहत जानकारी उपलब्ध कराने से छूट हो न्यायधीश एल नागेश्वर राओ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिजर्व बैंक को ये भी निर्देश दिये कि आरटीआई के अंतर्गत बैंकों से सम्बधित जानकारी सार्वजनिक करने की नीति की समीक्षा करे पीठ ने रिजर्व बैंक पर अवमानना की कार्रवाई न करते ह्ये स्पष्ट किया कि बैंक को पारदर्शिता कानून के प्रावधान लागू करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है पीठ ने कहा कि रिजर्व बैंक दवारा आरटीआई के अंतर्गत जानकारी मुहैया कराये जाने से इन्कार किये जाना उसने गंभीरता से लिया होता पीठ ने ये कहा कि भविष्य में किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को आरटीआई के अंतर्गत बैंको की वार्षिक जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने सम्बधी एक अवमानना नोटिस जारी किया था पीठ एक आरटीआई कर्ता एस सी अग्रवाल द्वारा रिजर्व बैंक के खिलाफ के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका सुनवाई कर रही है इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय और केन्द्रीय सूचना आयोग दोनों ने कहा था कि रिज़र्व बैंक पारदर्शिता कानून के तहत किसी जानकरी के मांग करने वाले को जानकारी दिये जाने से तब तक इन्कार नहीं कर सकता जब जक कि उस जानकारी के कानून के तहत सार्वजनिक किये जाने से छूट हो रिज़र्व बैंक ने अपने बचाव में कहा कि वो जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि बैंक की वार्षिक जांच रिपोर्ट में पारदर्शिता कानून के अंतर्गत परिभषित गोपनीय जानकारी है भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराण्सी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया अमित शाह राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित भाजपा के कई अन्य वीरेन्द्र नेता नामांकन केन्द्र पर उपसिथत रहे एनडीए के प्रम्ख नेताओं के अलावा अकाली दल के वरिष्ठ नेता व पंजाब के पूर्व म्ख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जनता दल यूनाईटेड के अध्यक्ष नितीश कुमार शिव सेना अध्यक्ष उदवव ठाकरे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान राम बिलास पासवान भी मौके उप उपस्थित रहे गैर तलब है कि नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे है

उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश इन्द् मल्होत्रा को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपो की जांच के लिये आंतरिक जांच समिति की नयी सदस्य निय्क्त किया गया है उल्लेखनीय है कि समिति के सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना ने कल समिति से अलग होने का निर्णय लिया था जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति एस ए बोबडे ने न्यायधीश मल्होत्रा को समिति में निय्क्ति किया है

प्रधान न्यायाधीश पर आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की पूर्व कर्मचारी ने बृधवार को न्यायालय को लिखे पत्र में आपति व्यक्त की थी कि न्यायमूर्ति रमन्ना प्रधान न्यायधीश के मित्र है और अक्सर उनके घर आते जाते है

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मुददे पर कि क्या यह फिल्म इस समय दिखाई जा सकती है कहा कि आयोग ने इस सम्बधी फैसला ले लिया है और अदालत ने इस अपील पर विचार नहीं किया

हरियाणा पुलिस ने लोकसभा चुनाव में चौक्सी बतरते हये एक विशेष अभियान के तहत छापेमारी की

प्लिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लंबे समय से फरार चल रहे तीन उद्घोषित अपराधियों को भी रोहतक से गिरफ्तार किया है

इनसे नकदी के बारे मे दस्तावेज मांगे गये वे कोई सबूत पेश नहीं कर सके

इसके अलावा आठ लोगों को सोनीपत फरीदाबाद और भिवानी जिलों से पांच अवैध पिस्तोल और छह कारतूस रखने के आरोप में पकडा गया है आज विश्व में बौद्विक सम्पदा दिवस मनाया जा रहा है बौद्विक सम्पदा का संदर्भ बौद्विक सज़न आविष्कार साहित्य और कलात्मक कार्यो तथा व्यावसायिक गतिविधियों में प्रतीकों वाले और छवियों का इस्तेमाल किये जाने से है

बौद्विक सम्पदा कानून का म्ख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं के लिये बड़े पैमाने पर बौद्विक वस्त्ओं के बढ़ावा देना है

नीति के म्ख्य उद्देश्य में से एक बौद्विक सम्पदा अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है

शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा हरियाणा में दो अलग अलग रेल द्र्घटनाओं में दो व्यक्तियों की मौत हो गई है पहला हादसा भिवानी रोहतक रेलवे मार्गपर हुआ जहां पैसेंजर ट्रेन के नीचे आने से एक व्यकित की जान चली गई सूचना मिलते ही प्लिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया लेकिन अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाड्र है

सूचना मिलते ही जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये नागरिक अस्पताल भिजवा दिया प्लिस अधिकारी धनीराम ने बताया कि मृतक की पहचान म्म्बई निवासी जैदखा के रूप में हई है भारत ने आज बैंकाक मे चल रही एशियाई मुक्केबाज़ी प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक और दो रजत जीते